श्री नायडू ने कहा कि कर मुगतान प्रत्येक कंपनी का सिद्धांत होना चाहिए और एसोचौम जैसे निकायों को अपने सदस्यों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रमू ने कहा कि केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारत वैश्विक चुनौतियों के बावजूद व्यापार और वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में लगातार विकास कीओर अग्रसर रहे

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शास्त्री नगर विद्याधर नगर बेनाड न्यू सांगानेर रोड और सिंधी कैंप प्रभावित इलाके हैं शहर के अन्य इलाकों में भी सतर्कता बरतने को कहा गया है

इस दौरान श्री कुमार ने मतदान केन्द्रों पर मूलमूत सुविधाओं यथा पेयजल बिजली कनेक्शन रैम्प का निर्माण शेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा श्री कुमार ने वीडियो कॉफेसिंग के दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान उन पर सुदृढ़ कानून व्यवस्था वेबकास्टिंग की व्यवस्था सी विजल एप के प्रशिक्षण की स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से बातचीत की

इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज दौसा में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करके चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने पर चर्चा की इस बीच जिलों में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यकम हो रहे हैं

उधर बूंदी जिले में दिव्यांगजनों ने रैली निकालकर मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया दिव्यांगजनों की इस जागरूकता रैली को जिला कलेक्टर महेश चंद्र शर्मा ने हरी इांडी दिखाकर रवाना किया

झूंझनू में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से महाशपथ का कार्यक्रम आयोजित किया गया उधर अजमेर में पुष्कर पशु मेले में इस बार आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदान प्रेरणा स्टॉले लेगायी जाएगी इस स्टॉल पर मत देने की प्रकिया को भी समझाया जाएगा इस बीच नागौर से हमारे संवाददाता ने जिले में मतदाताओं के आंकड़ों के बारे में रोचक जानकारी भेजी है

पार्टी राज्य सचिव मण्डल के सदस्य रवीन्द्र शुक्ला ने बताया कि राज्य माकेपा की आज सम्पन्न हुई दो दिन की बैठक में यह निर्णय लिया गया

उन्होंने बताया कि माकपा राज्य की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पिछले पांच वर्षो से लगातार संघर्षरत है

आज जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि राममंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और भाजपा इसकी निंदा करती है श्री लखावत ने कहाकि भाजपा आम सहमति के आधार पर मंदिर बनाने के पक्ष में है औरयह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है

गौरतलब है कि रविवार को एक कार्यक्रम में श्री थरूर ने कहा था कि अच्छा हिन्दू यह नहीं चाहेगा कि एक धार्मिकस्थल को गिराकर राममंदिर बने

शिव विधायक श्री सिंह कल नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने इसकी पुष्टि करतेहुए कहाकि उनके कांग्रेस में आने से पार्टी और मजबूत होगी उन्होंने कहा कि भाजपा से दुखी होकर उसके नेता कांग्रेस में आ रहे हैं

इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया डेंगू जीका रोगियों के बारे में भी सर्वे किया जाएगा टोंक जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विमाग की ओर से आज से मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है नागौर जिले के डेगाना में कठपुतली प्रदर्शन के जरिये फ्लोराइडयुक्त पानी के दुष्परिणाम और पानी साफ करने के तरीकों की जानकारी दी गई अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की महाना छठी आज परम्परागत रूप से मनायी गयी नागौर जिले के मेड़ता रोड स्थित आज ब्रह्माणी माता मंदिर में आज नवरात्रा पूर्णाहूति आयोजन किया गया बाड़मेर जिले में बालोतरा कय विकय सहकारी समिति स्तर पर समर्थन मूल्य आधारित कय केन्द्र पर आज से मूंग की खरीद शुरू की गई